आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

आज भी हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों मे शिविर लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है

श्री मोदी ने कहा कि इन शहीदों का साहस वीरता और बलिदान प्रत्योक भारतीय को प्रेरित करता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दवारा करोना के खिलाफ एक और बड़े युदध की शुरूआत के रूप में टीका उत्सव की सराहना करते हए केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेत् अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं श्री मोदी दवारा संप्रेषित संदेश के समर्थन में श्री कटारिया ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ पिछले कुछ महीनों में उनके मंत्रालय के योगदान को उजागर किया

श्री कटारिया ने बताया कि उनके मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर इस संकट की घड़ी में वरिष्ठ नागरिकों एवं उनकी देखभाल करने वालों के लिए एक सलाह जारी की थी श्री कटारिया ने इस संकट का सामना करने के लिए सुरक्षित पारिस्थितिकीय प्रणाली सुनिश्चित करने हेत् सरकार दवारा शुरू किए गए कार्यक्रमों की भी चर्चा की

श्री कटारिया ने आज कुरूक्षेत्र विश्वविदयालय के डॉ बी आर अम्बेडकर स्टडी सेंटर दवारा ऑनलाइन करवाये गये राष्ट्रीय सेमिनार में कहा कि कि बाबा साहेब एक अच्छे अर्थशास्त्री प्रखर वक्ता कानून विशेषज्ञ समाज शास्त्री शिक्षाविद्ध और विदेश नीति में उत्कृष्ट चिंतक एवं प्रसिद्ध पत्रकार थे उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपनी प्स्तक रेडीकल्स इन हिन्दूज़िम में वामपंथयिों के भारत विरोधी षडयंत्र का उल्लेख किया है श्री कटारिया ने कहा कि बाबा साहेब सम्प्रर्ण समाज का चिंतन करते थे और सम्पूर्ण समाज को समग्र रूप में देखते थे उनहोंने कहा कि डॉ अम्बेडकर ने ब्दध कबीर और ज्योतिबा फ़्ले को ग़्रू कहा कि ये तीनों ही सनातन परम्परा के वाहक है इसलिए बाबा साहेब की दृष्टि में हिन्दुतव का स्थान सर्वोच्च था श्री कटारिया ने कहा कि बाबा साहेब जिस पत्रिका का सम्पादन करते थे उसके प्रमुख पृष्ट पर जय भवानी लिखा होता था जो हिन्द्रत्व के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है उनहोंने कहा कि बाबा साहेब ने अपने लेखन में कभी भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया माता मनसा देवी पीठ पर चैत्र नवरात्र का मेला आज शुरू हो गया नवरात्र मेले के पहले दिन श्री माता मनसा देवी में श्रद्धाल्ओं की भारी भीड़ देखने को मिली मनसा देवी से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से ही श्रद्धाल् माता मनसा देवी के दरबार पर पहंच रहे हैं

आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी अपने परिवार सहित पंचकला स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर में पहंचे जहां उन्होंने अपने परिवार सहित माता मनसा देवी के चरणों में शीश नवाया और यज्ञ ेकिया

इस अवसर पर श्री ज्ञानचंद ग्र्प्ता ने माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में श्री शिव कांवड़ महासंघ चेरीटेबल टस्ट्र द्वारा लगाये जा रहे रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं से बातचीत की और उन्हें बैज लगाकर व प्रमाण पत्र विततिर कर उनका मनोबल बढ़ाया आज हरियाणा में वैसाखी का पर्व पूरी श्रदधा के साथ मनाया गया यमनानगर में गुरू नानक खालसा कालेज के गुरूदवारा साहिब मे शब्दी कीर्तन का आयोजन भी किया गया और निशान साहब चढ़ाकर प्रसाद का वितरण किया गया इस मौके पर जलियावालां बाग के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई

उधर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में माता के शैलपुत्री रूप में पूजा अर्चना की गई कोरोना के कारण श्रदधालु कम गिनती में बाहर निकले और घरों में ही मां की पूजा अर्चना की केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ और पंचक्ला ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य मे संयुक्त रूप् से कार्यक्रमों का आयोजन किया